हरियाणा का बजट सत्र कल श्रू हो रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी देशों का आभार व्यक्त किया है कि जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मोटे अनाज बारे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का पहल की है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि इस को इस बात पर गर्व है कि इसने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए अग्रणी भूमिका अदा की है उन्होंने कहा कि यह कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप समुदायों के लिए शोध और नवाचार के अवसर भी उपलब्ध करवाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसा गया

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस त्रिमूर्ति ने बंगलादेश केन्या नेपाल रूस नाईजीरिया और सेनेगाल के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों का उनके दवारा दिये गये समर्थन के लिए धन्यवाद किया केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने आज ग्रूग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये और इस एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में भी तेज़ी लाने को कहा

मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी को लेकर जल्द तालाबंदी और रोकथाम के विभिन्न पंग तरीके अपनाने से सबसे कम समय में इस पर नियंत्रण पाने में काययाब हआ है

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल शुरू हो रहा है सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी चंडीगढ़ से संवाददाता हमारे ने बताया कि इस सत्र में आगामी वित्त वर्ष के बजट के अलावा कई विधेयक पारित होने के लिए रखे जायेंगे विपक्षी दल कांग्रेस कृषि कानूनों के मुददे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने बताया कि सदन की कार्यप्रणाली को कागज़ रहित बनाने के लिए ई विधान प्रणाली की शुरूआत की जा रही है

इस बैठक में श्री धनखड़ ने कृषि कानूनों को लेकर सत्य क्या है यह किसानों के बीच में रखा इस अवसर पर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी दवारा किसान आंदोलन को लेकर चलाए गए किसान समर्थन महाअभियान की प्रतियां भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गई

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार दवारा सहकारी चीनी मिलों एवं किसानों के हित में उठाए गए विभिन्न कदमों के तहत पिछले पिराई सीजन के लिए करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रस्कार तथा कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में दवितीय प्रस्कार के लिए चुना गया है

उपमुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री अनूप धानक विधायक श्री जोगीराम ज़िहाग सहित अन्य कई लोगों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर उनका धन्यवाद किया मुलकात के बाद पत्रकारों से बातचीत मे श्री चौटाला ने इसे हरियाणवी यूवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है

विद्यालय के निदेशक पवन क्मार ग्र्प्ता ने तृषार का विद्यालय पहंचने पर जोरदार स्वागत किया व छात्रों को संबोधित करते हए कहा कि ऐसे ही प्रतिभागी जो छोटे स्तर से श्रुआत करके जाते हैं वही देश का नाम रोशन करते हैं

उपायुक्त ने बताया कि किसी भी महिला एवं छात्रा ने किसी भी क्षेत्र में कोई भी उत्कृष्ट कार्य किया है तो वह अपना नाम पलवल के महिला एवं बाल विकास विभाग पलवल के कार्यालय में भेजें ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके